जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षाबलों ने कल रात तीन आतंकवादियों को मार गिराया एक पुलिस अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि पुलिस सेना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त अभियान में ये आतंकवादी मारे गये इनकी पहचान हिजबुल मुजाहिदीन के जंहागीर अहमद वानी और उजैर आमीन तथा जैश ए मोहम्मयद के राजा उमेर के रूप में हुई है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी उन्होंने कहा कि जनता का काम लंबित रखनेवाले अधिकारी निलंबित होंगे साथ ही सरकार के विकास कायोँ में बाधा डालनेवाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी मुख्यमंत्री गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड के बड़ा कल्हाजोर गांव में कल बैजल बाबा की जयंती पर आयोजित मेला के उदघाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ लोगों को मिले इसके लिए कर्तव्यों का निर्वहन करें और अगर किसी विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका विरोध करें और सरकार को इसकी सूचना दें उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी श्री सोरेन ने अधिकारियों को जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज जैसे मामले तय समय सीमा पर जारी करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बैजल बाबा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया और बैजल बाबा के आठ परिजनों को सम्मानित किया उन्होंने कहा कि बैजल बाबा के सपनों का झारखंड बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है श्री सोरेन ने इस मौके पर लगभग चौदह करोड़ रुपए की चार सौ तैंतीस योजनाओं का ऑनलाइन उदघाटन शिलान्यास किया और लगभग एक सौ छप्पन करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पंदह लाभुकों को घर की चाबी सौंपी इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में सोलह डॉक्टरों और शिक्षा विभाग में दो को नियुक्ति पत्र प्रदान किया मुख्यमंत्री ने डीएफएमटी फंड से दो बाइक एम्बुलेंस लाभुकों को सौंपी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य के युवाओं की अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगी यहां के युवा जिस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें उसी प्रकार अवसर देने का काम किया जाएगा मुख्यमंत्री ने कल रांची में आदिवासी बुद्दिजीवी मंच झारखंड के द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं उन्होंने कहा कि झारखंड में रहने वाले सभी जाति समुदाय धर्म सभी वर्ग के लोगों का मान सम्मान का ख्याल रख कर हमें विकास के पथ पर अग्रसर होना है श्री सोरेन ने कहा कि विकासात्मक कार्यों को लेकर सरकार गहन चिंतन और मंथन कर रही है आम लोगों की समस्याओं के निस्तारण के साथ साथ कार्यपालिका से जुड़े हुए दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है कार्यपालिका से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो इसका भी पूरा ध्यान सरकार रख रही है इस अवसर पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के सदस सभी बिशप और विभिन्न संगठनों के प्रबुद्धजन उपस्थित थे गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सक्रिय रक्षा नीति अपनाई है कोलकाता में कल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एन एस जी के नए भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले अमेरिका और इजरायल जैसे देशों में शामिल हो गया है गृहमंत्री ने कहा कि भारत देश में शांति भंग करने और सीमा में घुसपैठ करने वालों को सटीक जवाब देगा आतंक से निबटने में एन एस जी के जवानों के योगदान की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार ने इसे दुनिया का सर्वोत्तम बल बनाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि सरकार एक नीति बनाने पर काम कर रही है जिसके तहत सुरक्षा बलों के जवान साल में कम से कम सौ दिन अपने परिवार के साथ बिता सकेंगे बाद में कोलकाता में एक जनसभा में गृहमंत्री ने अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया कि देश में संशोधित नागरिकता कानून के लागू होने से उनकी नागरिकता नहीं जाएगी श्री शाह ने जोर देकर कहा कि इस कानून के तहत जब तक देश में सभी शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिल जाती तब तक सरकार नहीं रुकेगी

आज सदन में प्रश्नकाल मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल होगा जबकि सत्र की दूसरी कार्यावधि में वित्तीय वर्ष दो हजार उत्रीस बीस के तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा वहीं कल प्रश्नकाल और वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का बजट पेश किया जाए संसद के बजट अधिवेशन का दूसरा सत्र आज से शुरू हो रहा है और अगले महीने की तीन तारीख को सम्पन्न होगा बजट सत्र इकतीस जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू हुआ था वर्ष दो हजार बीस इक्कीस का केन्द्रीय बजट पहली फरवरी को पेश किया गया ग्यारह फरवरी को संसद का अवकाश घोषित किया गया था ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों की वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की बजट मांगों पर विचार कर सके केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के सिलसिले में एक सप्ताह का विशेष अभियान शुरू किया है इसके तहत बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के आंदोलन को और तेज किया जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उनका मंत्रालय देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में आठ मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करेगा श्री निशंक ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए सरकार ने दो हजार चौदह से कई कदम उठाये हैं बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के कारण आज शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दाखिला लेने वाली बालिकाओं की संख्या लडकों के मुकाबले अधिक हो गयी है जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किये जा रहे हैं